प्रदेश में आपात स्थिति में आम नागरिकों की सहायता के लिये एकीकृत हैल्पलाईन सेवा शुरू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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

श्री मोदी ने इस अवसर पर रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया

उसके तुरन्त बाद मतगणना तथा नतीजों की घोषणा की जायेगी

जिन नगर निकायों में भाजपा तथा कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है वहाँ दोनों पार्टियां निर्दलीय पार्षदों को अपने पक्ष में करने के लिये एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं जयपुर जिले के बगरू नगर निकाय में सबसे ज्यादा चार प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है अलवर जिले के बहरोड़ तथा खेडली भरतपुर के बयाना तथा डीग और गंगानगर जिले के रायसिंहनगर में अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो गये हैं

बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हये श्री धारीवाल ने कहा कि सरकार ने घोषणा पत्र में किये वादों को पूरा किया है और घोषणा पत्र से भी हटकर राज्य सरकार ने जनता के हित में काम किये हैं शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बीकानेर में कई कार्यक्रमों में भाग लिया

वहीं खेल मंत्री अशोक चांदना ने टोंक में दिव्यांगों को स्कटी वितरण के तहत आरसी प्रदान की उन्होने जिले में विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा भी की जोधंपुर में आज जिला प्रभारी मंत्री और उप मुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शाले मोहम्मद ने जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया इसके साथ ही उन्होने अधिकारियों की बैठक ली

वहीं एक हजार दो सौ उनसठ लोग संकमण से मुक्त हुये

बाकी जिलों में भी कमोबेश संकमण में कमी देखी जा रही है

ट्रायल के प्रिन्सिपल इन्वेस्टिगेटर डॉ मनीष जैने ने बताया कि यह तीसरे चरण का ट्रायल है तथा इसमें अब तक दो हजार स्वयंसेवक पंजीयन करा चुके हैं उन्होंने बताया कि पूरे दिसंबर माह वैक्सीन का परीक्षण चलेगा अभी राज्य के एक हजार स्वयंसेवक इसमें भाग लेंगे

इस दौरान स्वयंसेवकों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जायेगी

इस स्वीकृति के बाद संबंधित खातेदार आहरण वितरण अधिकारियों के माध्यम से इन नई मदों में राशि जमा करा सकेंगे

श्री चौधरी ने बाड़मेर में कहा कि कृषि सुधार कानूनो से किसानों को बहुत फायदा मिलेगा वहीं भाजपा महामंत्री सुशील कटारा ने प्रतापगढ में कहा कि सरकार द्वारा लाये गये कृषि कानून किसान हितैषी हैं

ये फिल्म महोत्सव अगले महीने गोवा में होगा

कई जिलों में शीतलहर से गलन भी पैदा हो गई आज कुछ स्थानों पर पारा थोड़ा बढा है लेकिन ठंड के तेवर तीखे ही बने हुये हैं आज कुछ जगह पारा जमाव बिन्दु से नीचे या उसके आसपास रिकॉर्ड हुआ

इसी तरह चूरू में भी पारा जमाव बिन्दु पर रहा

तेज ठंड से जनजीवन पर असर पड़ा है ग्रामीण इलाको में लोग सर्दी से बचाव के लिये अलाव का सहारा लेने लगे हैं